नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना महत्वपूर्ण है श्री गडकरी ने कहा कि विश्व बैंक और ऐशियन विकास बैंक ने सड़कों के गड़ढे भरने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सात हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी है इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सभी हितधारकों को समन्वय बनाकर काम करने का आहवान किया रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में दो प्रतिशत जीडीपी में गिरावट सड़क दुर्घटनाओं से होती है जो एक गंभीर मुद्दा है शबरीमला उच्चतम न्यायालय ने केरल के शबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई तीन हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि न्यायालय शबरीमला के अलावा मस्जिदों और दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं तथा पारसी महिलाओं के प्रवेश पर रोक जैसी अन्य याचिकाओं को सूचीबद्व करने पर विचार कर रहा है उमंग हेल्पलाइन स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने आज भोपाल की प्रशासन अकादमी में उमंग हेल्पलाइन का श्भारंभ किया इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हेल्पलाइन किशोरों के लिए बहत मददगार साबित होगी

यहां मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये परामर्शदाता उपलब्ध रहेंगे किशोरों के अलावा उनके अभिभावक और शिक्षक भी किशोरों की समस्याओं से जुड़े मसलों को लेकर हेल्पलाइन नंबर पर उचित मार्गदर्शन हासिल कर सकेंगे

यह सभा राजभवन के सांदीपनि सभागार में दोपहर साढ़े तीन बजे शुरू होगी राज्यपाल के सचिव मनोहर दुबे ने बताया कि शास्त्रार्थ सभा के प्रवेश पत्र राजभवन की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं आवेदकों को प्रवेश पत्र उपलब्धता की सूचना मोबाइल पर एसएमएस द्वारा भी दी गई है

लोहड़ी बधाई प्रदेश में भी पंजाबी समाज द्वारा आज लोहड़ी का पर्व पारंपरिक हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मौके पर लोगों को बधाई दी है मुख्यमंत्री ने ट्वीट संदेश के जरिए कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में प्रेम स्नेह खुशहाली और उत्साह लाये वहीं मुख्यमंत्री ने मकर संक्रान्ति की भी बधाई दी है उन्होंने इसे प्रकृति प्रेम भाई चारे और सद्भाव बढ़ाने वाला पर्व बताया मौसम राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में सर्द हवायें थमने और तेज धूप खिलने से लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है शिवपुरी संवाददाता ने बताया है कि जिले में सर्दी का असर रात में अभी भी बना हुआ है यहां बीती रात न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया प्रदेश में सबसे कम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस उमरिया और दतिया में रहा मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में इजाफा होने का अनुमान है वहीं ग्वालियर और चंबल संभागों में आज कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड सकती हैं खेलो इंडिया गुवाहाटी में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सात स्वर्णचार रजत और पांच कांस्य पदक के साथ मध्यप्रदेश अब तक पदक तालिका में पांचवे नंबर पर बना हुआ है

उसे साइकलिंग और एथलेटिक्स में विशेष सफलताएं मिली हैं

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया